केंद्र ने इस वर्ष पहली जनवरी से पीएचडी छात्रों और अन्य शोधकर्त्ताओं की फैलोशिप राशि में की बढ़ोतरी स्वास्थ्य मंत्री विपिन परमार ने कहा स्वास्थ्य विभाग स्वाइन फ्लू के मामलों से निपटने में पूरी तरह सक्षम जनजातीय क्षेत्रों में रुक रुक कर बर्फबारी और निचले इलाकों में वर्षा से शीतलहर बढ़ी मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा है कि राज्य सरकार निवेशकों को आधारभूत सुविधाएं मुहैया करवाने और उन्हें प्रदेश में निवेश के लिए प्रोत्साहित करने को लेकर प्रयासरत है वे आज हैदराबाद में आयोजित रोड शो बिजनेस टू गर्वनमेंट के दौरान उद्यमियों और निवेशकों को संबोधित कर रहे थे मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश का प्रदूषण मुक्त और शांत वातावरण आगंतुकों को साहसिक गतिविधियों के विभिन्न विकल्प प्रदान करता है उन्होंने उद्योग पर्यटन शिक्षा स्वास्थ्य और खाद्य प्रसंस्करण में निवेश करने के इच्छुक निवेशकों को बेहतर कनेक्टिविटी व आधारभूत संरचना प्रदान करने का आश्वासन दिया जयराम ठाकुर ने बताया कि प्रदेश सरकार हिमाचल को विश्व स्तर का पर्यटन गंतव्य बनाने के लिए प्रतिबद्ध है मुख्यमंत्री ने प्रमुख कंपनियों के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों के साथ बैठक कर निवेश योजनाओं के बारे में चर्चा की इनमें से अनेक उद्यमियों ने हिमाचल में निवेश करने की इच्छा भी जताई इस अवसर पर उद्योग मंत्री विक्रम ठाकुर ने कहा कि प्रदेश में खाद्य प्रसंस्करण जैव प्रौद्योगिकी ऑटो मोबाइल इलैक्ट्रिक वाहन जैसे क्षेत्रों में निवेश की अपार संभावना है और सरकार निवेशकों को प्रोत्साहित कर रही है फैलोशिप केन्द्र सरकार ने इस साल पहली जनवरी से पीएचडी छात्रों और अन्य शोधकर्ताओं के लिए फेलोशिप की राशि बढ़ा दी है इसमें भौतिक और रसायन विज्ञान इंजीनियरिंग गणित कृषि विज्ञान जीव विज्ञान और फार्मेसी सहित विज्ञान और प्रौद्योगिकी के किसी भी क्षेत्र में नामांकित छात्र व शोधकर्ता शामिल हैं

इससे राज्यों को भी अपनी फेलोशिप की राशि बढ़ाने का आधार मिलेगा

किशन कपूर प्रदेश सरकार राज्य में सड़क ऊर्जा पेयजल और शिक्षा जैसी मुलभूत सुविधाओं के विस्तार और सुदृढ़ीकरण पर बल दे रही है खाद्य आपूर्ति मंत्री किशन कपूर ने धर्मशाला विधानसभा क्षेत्र के नोरबिलिंगा सिद्धबाड़ी में आज जनसमस्याएं सुनने के बाद ये बात कही

किशन कप्र ने कहा कि सरकार ये सुनिश्चित कर रही है कि विकास योजनाओं का लाभ समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे वीरेंद्र कंवर प्रदेश में केंद्र प्रायोजित नील क्रांति योजना मछुआरों की आर्थिकी मजबूत करने की दिशा में कारगर साबित हो रही है ग्रामीण विकास मंत्री वीरेंद्र कंवर ने बिलासपुर में आयोजित एक राष्ट्रीय सम्मेलन में आज ये बात कही उन्होंने कहा कि प्रदेश में उद्योग पर्यटन व कृषि सहित मत्स्य पालन को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न जलाशयों में मैगा एक्यूरियम स्थापित करने के लिए केंद्र सरकार को प्रस्ताव भेजा गया है इस बीच वीरेंद्र कंवर ने पन्ना प्रमुख सम्मेलन पर कांग्रेस नेताओं की ब्यानबाजी पर प्रतिक्रिया जताते हुए कहा है कि पार्टी के इस आयोजन से कार्यकर्त्ताओं में उत्साह का संचार हुआ है एक ब्यान में उन्होंने कहा है कि कांग्रेस में पार्टी के कार्यकर्त्ता होते होंगे जबकि भाजपा कार्यकर्त्ताओं की पार्टी है वीरेंद्र कंवर ने कहा कि ऊना में पन्ना प्रमुख सम्मेलन में बड़ी संख्या में जुटे कार्यकर्त्ताओं को देख कर कांग्रेस नेता बौखलाहट में अनाप शनाप ब्यानबाजी कर रहे हैं उन्होंने कहा कि कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी अपनी ही पार्टी और देश की जनता के बीच साख बनाने में नाकाम साबित हुए हैं गोविंद ठाकुर वन मंत्री गोविंद ठाकुर ने कुल्लू विधानसभा क्षेत्र की राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला छमाहण के वार्षिक समारोह में आज बतौर मुख्यातिथि शिरकत की इस अवसर पर उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के तहत बालू रा घेरा से भ्रैण के लिए एक सिंचाई योजना मंजूर की गई है गोविंद ठाकुर ने जनप्रतिनिधियों और महिला व युवक मंडलों के कार्यकर्त्ताओं से वनों के संरक्षण पौध रोपण स्वच्छता और नशा उन्मूलन अभियान में योगदान देने की अपील की इस दौरान उन्होंने स्कूल के मेधावी विद्यार्थियों को पुरस्कृत भी किया विपिन परमार स्वास्थ्य मंत्री विपिन परमार ने बताया है कि राज्य स्वास्थ्य विभाग स्वाइन फ्लू के मामलों से निपटने के लिए पूरी तरह सक्षम है शिमला से जारी एक बयान में उन्होंने कहा कि प्रदेश के सभी स्वास्थ्य संस्थानों में एंटी वायरल दवाएं पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध करवा दी गई है विपिन परमार ने कहा कि प्रदेश सरकार ने स्वाइन फ्लू से बचाव और इससे निपटने के लिए त्वरित प्रतिक्रिया दल गठित किए है स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि आईजीएमसी शिमला टांडा मैडिकल कॉलेज और केंद्रीय अनुसंधान संस्थान कसौली में स्वाइन फ्लू की परीक्षण सुविधा उपलब्ध है परमार ने कहा कि स्वास्थ्य कर्मियों को स्वाइन फ्लू से पीड़ित व्यक्तियों को घरों में जाकर निःशुल्क दवा उपलब्ध करवाने के आदेश भी दिए गए है इस बीच स्वास्थ्य विभाग के एक प्रवक्ता ने स्वाइन फ्लू से पीड़ित व्यक्तियों को आराम करने और भीड़ वाले स्थान में न जाने की सलाह दी है स्वाइन फ्लू सोलन के स्वास्थ्य अधिकारी एनके गुप्ता ने बताया है कि जिले में स्वाइन फ्लू के दो मामले सामने आए हैं उन्होंने कहा कि इसे देखते हुए जिले के अस्पतालों में दवाईयों सहित मरीजों को अलग से दाखिल करने का प्रबंध किया गया है

वन्य प्राणी विभाग के एक प्रवक्ता ने अनुसार इस वर्ष प्रवासी पक्षियों की आमद में वृद्धि दर्ज की गई है इनमें से अधिकतर पक्षी तिब्बत के ट्रांस हिमालयन क्षेत्र मध्य एशिया रूस और साईबेरियां से आए है

तीन दिवसीय इस प्रतियोगिता में नौ राज्यों के करीब दो सौ पचास खिलाड़ी भाग ले रहे हैं ग्रामीण विकास मंत्री वीरेंद्र कवर ने इसके शुभारंभ अवसर पर कहा कि राज्य सरकार प्रदेश को खेल राज्य बनाने के लिए प्रतिबद्ध है उन्होंने कहा कि प्रदेश की जलवायु खेल और खिलाड़ियों के अनुकूल है और सरकार हर पंचायत में खेल मैदान विकसित करने पर बल दे रही है वीरेंद्र कंवर ने कहा कि खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने के लिए सरकारी नौकरियों में तीन प्रतिशत आरक्षण दिया जा रहा है शीतकालीन खेल कुल्लू जिले के मनाली में भारतीय ओलम्पिक संघ के तत्वावधान में कल पहली फरवरी से राष्ट्र स्तरीय शीतकालीन खेल प्रतियोगिता शुरू होगी खेल मंत्री गोविंद ठाकुर इसका शुभारंभ करेंगे

मौसम प्रदेश के जनजातीय क्षेत्रों में आज भी रुक रुक कर हिमपात जबकि अन्य इलाकों में वर्षा हो रही है इससे तापमान में गिरावट के चलते शीतलहर तेज हो गई है लाहौल स्पीति जिले में तीसरे दिन भी मौसम खराब है और घाटी में हिमपात हो रहा है पिछले दिनों हुए हिमपात से बंद उदयपुर केलंग सड़क को सीमा सड़क संगठन ने बहाल कर दिया है घाटी के अधिकांश भागों में पेयजल समस्या से भी लोगों को जूझना पड़ रहा है किन्नौर जिले में भी रुक रुक कर बर्फबारी हो रही है जिससे सड़क पेयजल और विद्युत आपूर्ति बहाल करने का कार्य प्रभावित हुआ है कुल्लू जिले के ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी व बारिश से तापमान में कमी आई है मनाली के प्रसिद्व पर्यटन स्थल सोलंगनाला व कोठी में हिमपात हो रहा है जो सोलंगनाला में कल से शुरू होने वाली शीतकालीन खेलों के लिए फायदेमंद है राजधानी शिमला व आसपास के इलाकों में दिनभर बादल छाए रहे और हल्की वर्षा हुई निचले जिलों में भी कुछ स्थानों पर वर्षा का समाचार है

विभाग ने मध्यम व निचले इलाकों के कुछ भागों में आज ओलावृष्टि की चेतावनी भी जारी की है उड़ान जनजातीय क्षेत्रों के लिए कल हेलिकॉप्टर की एक उड़ान भुंतर तांदी डाइट भुंतर के बीच भरी जाएगी ये उड़ान मौसम पर निर्भर करेगी अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने हैदराबाद में प्रमुख कंपनियों के अधिकारियों के साथ निवेश योजनाओं पर की चर्चा केंद्र ने इस वर्ष पहली जनवरी से पीएचडी छात्रों और अन्य शोधकर्त्ताओं की फैलोशिप राशि में की बढ़ोतरी स्वास्थ्य मंत्री विपिन परमार ने कहा स्वास्थ्य विभाग स्वाइन फ्लू के मामलों से निपटने में पूरी तरह सक्षम और जनजातीय क्षेत्रों में रुक रुक कर बर्फबारी और निचले इलाकों में वर्षा से शीतलहर बढ़ी